चम्बा के लील कोठी में आदर्श महाविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा राज्य में थीम आधार पर विकसित होंगे पर्यटन सर्किट

खराब मौसम के चलते लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िलों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हमीरपुर के लम्बलू में कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि इसके माध्यम से जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कुल्लू ज़िले के सैंज में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि एनएचपीसी और पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं की सुनवाई और समाधान के लिए सरकार एक उच्चस्तरीय बैठक जल्द बुलाएगी किशन कप्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जनमंच की सराहना की है और देश के अन्य राज्य भी इस कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं इधर राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में कार्यक्रम शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ उन्होंने कहा कि सरकार ने जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं ताकि विकास को एक नई दिशा और गति दी जा सके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे

कांगड़ा जिले में जनमंच कार्यक्रम नगरोटा बगवां के बड़ोह में आयोजित किया गया इस दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया उन्होंने सभी से स्वच्छता को जीवन का अहम हिस्सा बनाने का संकल्प लेने का भी आहवान किया

बिलासपुर ज़िले के कंदरौर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि लोगों के जीवन में सुधार लाने में जनमंच कारगर भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है

सिरमौर जिले के देवठी मझगांव में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि राजगढ़ के पझौता और रासूमांदर क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए इलाके में एक सब्जी उपमण्डी स्थापित की जाएगी कृषि मंत्री ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को उपयुक्त स्थान चयनित करने के निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मण्डी जिले के कटौला में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं

जनमंच कार्यक्रम के तहत ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने सोलन जिले की दंगील पंचायत में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनता व सरकार के बीच सीधा तालमेल स्थापित करने में कारगर साबित हआ है ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को जनमंच कार्यक्रमों में आई शिकायतें हल्के में न लेने की सलाह दी इस दौरान लोगों ने सरकार के इस कार्यक्रम की सराहना की

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को मकान दिए जा रहे हैं और इससे वंचित रहे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है

चम्बा ज़िले में चुराह के ड्गली में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया और उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए

इनमें चम्बा ज़िले के दुर्गम क्षेत्र लील कोठी में बनने वाले मॉडल कॉलेज का शिलान्यास भी शामिल है इसके लिए समारोह चम्बा जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया

इस कॉलेज में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और इसके बनने से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ होगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चम्बा के लोगों को बधाई देते हुए इस संस्थान के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है बजट सत्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपने अभिभाषण के साथ सत्र की शुरूआत करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय सूची से सदन को अवगत करवाएंगे

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट सत्र कम अवधि का निर्धारित किया गया है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोरएनसीसी युवाओं के समग्र विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है चण्डीगढ़ में आज एनसीसी कैडेटों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सामाजिक सदभाव सहित राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एनसीसी ने एक बड़ा योगदान दिया है उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं की असीम ऊर्जा को दिशा प्रदान करने का एक बेहद प्रभावी माध्यम रहा है राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर करती है और युवाओं में एकता व अनुशासन से देश निश्चित रूप से प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा पर्यटन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे शिमला में आज पर्यटन विकास पर एक प्रस्तुति के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों संस्कृति और प्राकृतिक भव्यता के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि राज्य में स्थित कई बौद्ध मठों को ध्यान में रखते हुए सरकार बौद्ध सर्किट विकसित करने पर भी विचार कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को विविध सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में विकसित किया जाएगा और पर्यटक प्रदेश की कला व संस्कृति के बारे में अधिक जान सकेंगे मुख्यमंत्री इस बीच शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों को लाने के लिए हैदराबाद और बैंगलुरू में इन्वैस्टर मीट का आयोजन सफल रहा है उन्होंने कहा कि निवेशकों की प्रतिक्रिया और मिजाज़ राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक है मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य उद्योगों के अलावा राज्य में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं जयराम ठाकर ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र के विविधिकरण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को निजि क्षेत्र में उपयुक्त रोज़गार दिलाने के लिए प्रशिक्षित कर रही है घोषणा पत्र भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए एक महीने के अभियान की शुरूआत की है भारत के मन की बात मोदी के साथ नामक इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं व महिलाओं के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से इस अभियान में भाग लेने का आहवान किया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अग्रणी संगठनों और विभागों के प्रमुखों की एक बैठक आज शिमला में हुई पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी के सभी अग्रणी संगठनों और विभागों को गतिशील बनाने के लिए उनका पूरा सहयोग रहेगा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जुड़ने को कहा और इसके माध्यम से सक्रिय होकर अपनी गतिविधियां लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया गौसदन ऊना ज़िले के कुठेड़ा जसवालां में नवनिर्मित गौसदन का ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शुभारम्भ किया

स्वाइन फ्लू सोलन जिले के दंगील में जनमंच कार्यक्रम में आज लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव की जानकारी दी गई जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि यदि समय रहते रोगी स्वास्थ्य संस्थान में पहुंचता है तो स्वाइन फ्लू का उपचार संभव है उन्होंने कहा कि ज़िले में अब तक स्वाइन फ्लू के दो मामले पॉजिटिव पाए गए हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी मौसम साफ रहा और लोगों ने खिली धूप का आनन्द लिया

मौसम साफ रहने से जनजातीय इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों को खोलने के कार्यों में तेजी आई है और पेयजल व विद्युत आपूर्ति को भी सुचारू किया जा रहा है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज दिनभर धूप खिली रही